जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी और दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी निलंबित

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वहीं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सिकंदरा और बरहट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है खबर है कि इस मामले में कुल नौ लोगों को निलंबित किया गया है एक अंग्रेजी दैनिक द्वारा यह मामला उजागर करने के बाद आज संसद में भी इसे उठाया गया राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज झा ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की

बाईस जिलों से रिपोर्ट मंगायी गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से उन्होंने बात की है और ठोस कार्रवाई करने को कहा है उन्होंने कहा कि बिना जांच किये रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही गंभीर मामला है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं गौरतलब है कि कोविड टीके की दो खुराके लेनी आवश्यक है पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है प्रदेश में अब तक चार लाख अड़तालीस हजार चार सौ छियालीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं राज्य में अब तक तीन लाख नब्बे हजार स्वास्थ्य कर्मियों और लगभग अंठावन हजार अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर विभाग ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य चार जारी किया है लोग इस नम्बर पर कॉल कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा है कि देश में उपयोग में लाये जा रहे टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं

पिछले चौबीस घंटों में पन्द्रह हजार आठ सौ अंठावन लोग कोविड से स्वस्थ हुए अब तक इस बीमारी से एक करोड पांच लाख नवासी हजार दो सौ तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार नौ सौ छब्बीस है देश में कल संक्रमण के नौ हजार तीन सौ नौ नये मामले सामने आए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई सतासी मौतों को मिलाकर अब तक एक लाख पचपन हजार चार सौ सैंतालीस लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को बीस हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है कार्यपालक पदाधिकारी अपने ही कार्यालय के एक सेवानिवृत्त लिपिक के वेतन संबंधी बकाया राशि के भुगतान के लिए घूस ले रहा था ब्यूरो के दल ने बताया कि विभाग से लिपिक को वर्ष दो हजार अठारह से वेतन मद में बकाया राशि का भुगतान किया जाना है इधर आरोपी की गिरफ्तारी के समय नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति हो गयी जब स्थानीय पार्षदों और कुछ असामाजिक तत्वों ने आरोपी को छापेमारी दल के चंगुल से मुक्त करा लिया हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया इधर पूर्वी चंपारण जिले में निगरानी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक लिपिक सुजीत कुमार को पंद्रह हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार क्लर्क एक मदरसा के उर्दू शिक्षक का वेतन भुगतान करने के एवज में घूस ले रहा था संग्रामपुर थाना के दरियापुर मदरसा में पदस्थापित उर्दू शिक्षक मोहम्मद गुलाबी दीन ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जामनत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई अब उन्नीस फरवरी को होगी लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी दी है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में कहा कि देश में पिछले बाईस महीनों में रेल दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है एक प्रश्न के उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपना रहा है श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार रेलवे पर विशेष ध्यान दे रही है श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री भी रेलवे के ढांचागत विकास के पक्षधर हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए एक हेल्प लाईन नम्बर जारी किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच सात दो चार तीन पर चुनाव से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं राज्यपाल फागू चौहान ने आज राजभवन में आयोजित समारोह में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखने वाली सिवान की प्रियंका पांडेय और मुंगेर जिले के जयराम विप्लव को सम्मानित किया प्रियंका ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद और विप्लव ने तारापुरा के शहीदों के बारे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चर्चा की थी

ये मेला सताईस फरवरी से दो मार्च तक चलेगा केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में चार हजार उद्यम देश में मौजूद हैं उन्होंने कहा कि इस मेले से स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद मिलेगी

लघु उद्योग हो या फिर विशाल कम्पनी का स्वरूप हो इस टॉय फेयर में अब तक एक हजार से ज्यादा कम्पनियों ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से अपना योगदान देना स्वीकार किया है हमारे लघु उद्योग कुटीर उद्योग और विशेष तरूट्रेडिशनल हैंड क्राफ्टेड टॉयेस के हमारे शिल्पकारों को आपका समर्थन प्राप्त होगा केन्द्रीय बजट दो हजार इक्कीस बाईस की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए एक लाख तैंतीस हजार छह सौ नवासी करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बागवानी मुर्गी पालन मस्य पालय पर भी विशेश ध्यान दिया है वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में ज्ञान भंडारण योजना के बारे में उल्लेख किया जो स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जायेगी

प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है धूप खिली रहने से ठंड में कमी आयी है

इधर पटना का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव छह पूर्णिया का बारह दशमलव आठ और भागलपुर का तेरह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा

अंतर्राष्ट्रीय संस्था बिहार को इसके तहत तकनीकी मदद उपलब्ध करायेगी इस अवसर पर वीडिया कॉफ्रेंसिंग के जरिये केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कई समस्याओं को जन्म दे रहा है इससे निपटना अतिआवश्यक है इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह भी उपस्थित थे सहकारिता मंत्री सुबाष सिंह ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गयी इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए है नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी एक सौ बीस कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है सासाराम के राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता पर यातायात नियमों के उल्लंघन में पच्चीस सौ रूपये का जुर्माना लगाया गया है जांच के दौरान पाया गया कि विधायक का वाहन रौजा रोड इलाके में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया था

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी और दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी निलंबित